इस कार्यक्रम का आयोजन फिट इंडिया आंदोलन के एक साल पूरा होने पर किया जा रहा है कार्यक्रम के प्रतिभागी इस दौरान प्रधानमंत्री से अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में मार्गदर्शन लेने के साथ ही अपनी तंदुरुस्ती की कहानी भी बयां करेंगे कार्यक्रम में शामिल होने वाली हस्तियों में विराट कोहली मिलिंद सोमन और रूजुता दिवेकर सहित कई और बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी फिट इंडिया संवाद की परिकल्पना स्वयं प्रधानमंत्री ने लोक अभियान के तौर पर की थी और यह अब भारत को स्वस्थ और तंदुरुस्त राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों को शामिल करने की योजना का एक अहम प्रयास बन गया है आकाशवाणी दिल्ली से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा

इस पुल के बनने से भारतीय सेना भारी मशीनरी और अन्य आयुद्ध सामान चीन सीमा तक आसानी से पहुंचा सकेगा इसके अलावा लेह मार्ग पर भागा नदी में बाढ़ आने से अब यातायात प्रभावित नहीं होगा ये पुल उत्तरी भारत का दूसरा और हिमाचल का पहला सबसे लंबा स्टील पुल होगा

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने डीडीयू अस्पताल शिमला में कोरोना संक्रमित महिला द्वारा आत्महत्या करने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है शिमला के डीडीयू अस्पताल में कोरोना पॉजीटिव महिला ने फंदा लगाकर दी जान दैनिक भास्कर के शब्द हैं शिमला के डीडीयू अस्पताल के कोविड सेंटर में सकमित महिला ने की आत्महत्या दैनिक जागरण ने लिखा है रिपन में कोरोना संक्रमित महिला ने फंदा लगा दी जान दिव्य हिमाचल का कहना है शिमला में कोरोना मरीज ने अस्पताल में लगाया फंदा हिमाचल दस्तक के शब्द हैं कोविड अस्पताल में फंदे से झूली महिला अजीत समाचार की सुर्खी है कोरोना पीड़ित महिला ने अस्पताल में की खुदकशी पंजाब केसरी लिखता है शिमला में कोरोना संकमित महिला ने अस्पताल में फंदा लगाकर की आत्महत्या

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है लाहौल स्पीति के लोगों का जीवन बदलेगा फर्जी डिग्री मामले में सीआईडी ने दिल्ली से एक को अरेस्ट किया शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है मानव भारती यूनिवर्सिटी ने देशभर में बेची थीं डिग्रियां दैनिक जागरण के शब्द हैं फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली से युवक गिरफतार

राजनाथ आज करेंगे दारचा पुल का लोकार्पण शीर्षक से अजीत समाचार ने लिखा है सेना को मिलेगी बेहतर सुविधा